यह महिला हदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर से भी पीडित थी दौसा जिले के लालसोट में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है जिले के आला अधिकारियों ने कल यहां पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया और कस्बे में कर्फ्यू लगाने के आदेश कर दिये

श्री गहलोत ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह बात कही उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि लॉकडाउन के चलते कचरा बीनने वाले रेहड़ी रिक्शा चलाने वाले घुमंतु और अन्य असहाय लोगों के जीविकोपार्जन पर संकट मंडरा रहा है लिहाजा केंद्र सरकार को काम के बदले अनाज योजना की तरह अन्य योजना लानी चाहिए

केन्द्र सरकार की ओर से भी इस श्रेणी लोगों के लिए अनुग्रह राशि की योजना लाई जानी चाहिए ताकि उन्हें आर्थिक रूप से संबल मिल सके

भीलवाड़ा में संक्रमण पर सफलतापूर्वक काबू पाने के बाद राज्य के अन्य जगहों पर संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं

वीडियो कांफ्रेसिंग में देश के ज्यादातर राज्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह और बढाने का अनुरोध किया है बैठक में श्री मोदी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि जान है तो जहान है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा संघर्ष तब तक मजबूत रहेगा जब तक देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभायेगा और सरकार तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा

आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अधिकृत सरकारी आईडी ही मान्य होगी

इन्हीं में से एक आध्यातमिक गुरू श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि पूर्ण बंदी के इस समय का उपयोग सकारात्मकता विकसित करने में किया जाना चाहिए

ईस्टर पर ईसा मसीह का पुर्नजन्म हुआ था इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वैकेया नायडू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि ईसा मसीह के पुर्नजन्म की कथा हमें याद दिलाती है कि अंधकार पर प्रकाश की हमेशा विजय होती है